कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की अभियुक्तों की अंतिम याचिका खारिज कर दी थी

इस मामले के एक अभियुक्त ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और एक अन्य किशोर अभियुक्त को तीन साल के बाद सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था पहली बार तिहाड जेल में चार दोषियों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया निर्भया के माता पिता ने कहा कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी उन्होंने निर्मया और देश की लाखों महिलाओं को न्याय देने के लिए भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया

यह व्यक्ति द्वारा खुद अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोडकर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही

उन्होंने कहा कि रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए हर व्यक्ति अपने घर की बालकनी खिडकी या दरवाजे पर आकर ताली बजाकर इन सेवाकर्मियों को धन्यवाद दे और इनका हौसला बढाए श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करें उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का सतर्क और सजग रहना बहत जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिये दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है पहला संकल्पा और दूसरा संयम

प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि देश में दूध खाने पीने का सामान दवाइयों और जीवन के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओ की कमी ना हो इसके लिए सरकार सभी उपाय कर रही है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग मुख्य सचिव प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन के आला अधिकारी भाग लेंगे इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए शटडाउन का बडा फैसला किया गया है

जिन विभागों में शट डाउन नहीं होगा उनके पचास प्रतिशत कार्मिकों को घर से कार्य वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि शट डाउन का मतलब अवकाश नहीं है कार्मिको को जरूरत होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा चिकित्सा कारणों और अन्य आवश्यक हालात में ही अवकाश मिलेगा प्रदेश में चल रही और आने वाले समय में होने वाली सभी परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है इधर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्थित सभी बैंकों के प्रबंधकों को अपने बैंक की प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है